सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

पीएम समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन एंव दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की समन्वय समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही केंद्र से राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन हो वैसे ही राज्य अपने सभी अस्पतालों को बिना किसी देरी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढाई जानी चाहिए

इससे पहले मुख्यमंत्री ने योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि योग से निरोग हुआ जा सकता है रेमडेसिविर इंजे गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के अंतर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं डॉ मिश्रा कल पुलिस कंट्रोल रूम ग्वालियर में ग्वालियर चम्बल संभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जनता से कोरोना जैसी विपत्ति से निपटने के लिये प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन की अपील की डॉ मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महामारी से निपटने के लिये कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाना सुनिश्चित करें उन्होंने बैठक में अधिकारियों को कोरोना पीड़ितों के उपचार में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने की हिदायत दी

उन्होंने बताया कि राज्य में भोपाल सहित पांच शहरों में ऑस्सीजन प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं

वे पिछले दिनों संकमण की चपेट में आ गई थीं

कोविड महामारी में आई नई तेजी से निपटने के लिए वायुसेना ऑक्सीजन कंटेनर आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सा उपकरण विमानों के जरिए भेज रही है इसके लिए वायुसेना के परिवहन विमानों और हेलीकाप्टरों की मदद ली जा रही है

इस कदम से देश में इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें शपथ दिलाएंगे